प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और भूटान अपने नागरिकों की समृद्धि के लिए सहज स्वाभाविक साझेदार है थिम्पू में रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच गहरे रिश्ते सिर्फ भौगोलिक निकटता की वजह से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की वजह से भी है श्री मोदी ने कहा कि भारत की भूमि गौरवान्वित है जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने उन्होंने कहा कि बौद्ध भिक्ष्प्रों और विद्वानों ने आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से भारत और भूटान के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है भूटान के दो दिवसीय प्रवास के दौरान श्री मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री के साथ कई विषयों पर बातचीत की इसके अलावा द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के साथ साथ अंतरिक्ष अन्संधान उड्डयन सूचना प्रौद्योगिकी बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में दस समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये प्रधानमंत्री श्री मोदी भूटान की दो दिन की यात्रा पूरी करने के बाद कल स्वदेश वापस आ गये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि इस नये कानून से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और अधिकार सुनिश्चित होंगे बाइट हमारी मुस्लिम बेटियां हमारी बहनें उनके सर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थीं वो डरी हुई जिंदगी जीती थी दुनिया के कई इस्लामिक देश उन्होंने भी इस कु प्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए कानून बना सकते हैं तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठायें उधर नई दिल्ली में तीन तलाक विषय पर आयोजित एक व्याख्यान में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तीन तलाक की कुप्रथा काफी समय से जारी थी जिसे मौजूदा सरकार ने समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ सशक्त बनाया है बल्कि उन्हें समानता का अधिकार दिया है श्री शाह ने कहा कि यह कुप्रथा इस्लामी सिद्धान्तों के खिलाफ थी और कई इस्लामी देशों ने इसे पहले ही खत्म कर दिया था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कारगर उपाय कर रही है श्री मौर्य कल कौशाम्बी के भरवारी कस्बे में विधायक संजय गुप्ता द्वारा आयोजित मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान प्रतिभा खोज परीक्षा के अवसर पर सफल बीस छात्राओं को सम्मानित करने के बाद बोल रहे थे श्री मौर्य ने इस आयोजन की सराहना करते हुए लोगों से इस तरह के मिशन को चलाने का आहवान किया बाइट समाज के लिये काम करने के कई तरीके होते हैं लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है वह प्रशंसनीय है

श्री मौर्य ने कहा कि कन्या सुमंगल योजना के तहत गरीब छात्राओं का खर्च सरकार वहन करेगी योजना के तहत छात्रा के बैंक खाते में पन्द्रह हजार रूपये देने का प्रावधान है इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पांच हजार नौ सौ आठ किलोमीटर के मार्गो का शिलान्यास भी किया इन सड़कों का निर्माण साढ़े सात हज़ार करोड़ रूपये से अधिक की लागत से किया जायेगा

सर्वोच्च न्यायालय ने रायबरेली में हुई सड़क दुर्घटना मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दो हफ़्ते का और समय दिया है इस घटना में उन्नाव द्वष्कर्म पीडिता और उसके वकील को गंभीर चोटें आई थीं पीठ ने राज्य सरकार को गंभीर रूप से घायल वकील को पांच लाख रूपये देने का निर्देश भी दिया है सर्वोच्च न्यायालय में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की पीठ में शामिल एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े के अनुपस्थित रहने के कारण आज इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को आज आठवें दिन वरिष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथ की बहस पर सुनवाई करनी थी प्रदेश में गंगा यमुना और घाघरा सहित कई नदियां उफान पर हैं राज्य में कई स्थानों पर हल्की स मध्यम बारिश और सीमावर्ती राज्यों के कई बांधों और बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से विभिन्न स्थानों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कई जगहों पर बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है जबकि जल भराव संभावित क्षेत्रों से लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं और जानकारी हमारे संवाददाता से गंगा नदी बदायूं जनपद में कचला घाट पर खतरे के निशान से ऊपर है और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में यह लाल निशान के करीब बह रही है शारदा नदी लखीमपुर खीरी में पलियां कला और घाघरा बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान को पार कर गई है वहीं घाघरा का पानी अयोध्या और बलिया के तूर्तीपार में खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर नीचे बह रहा है जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों का सम्पर्क टूट गया है और फसलों को नुकसान हो रहा है एक रिपोर्ट हमीरपुर से होकर गुजरने वाली बेतवा और यमुना नदियों में राजस्थान कोटा बैराज और माताटीला बांध से पानी छोड़े जाने से दोनों नदियां उफान पर हैं जिससे हजारों एकड़ की तिल मूंग अरहर ज्वार की फसलें डूबी हैं जिससे किसानों को भारी क्षति हुयी हैं एक दर्जन से अधिक गांवों का सम्पर्क दूटा हुआ है नावों के सहारे पार उतारा जा रहा है बाढ़ ग्रस्त गांवों में अलर्ट जारी है ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है एन डी आर एफ और फ्लड पी ए सी की टीमें सतर्क हैं बाढ की संभावनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है शिवकुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपुर वहीं आगरा में चम्बल नदी का जलस्तर घटने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है जबकि नदी में आये उफान से किसानों की फसल जलमग्न हो गई आगरा में खतरे के निशान को छूने वाली बाह पिनाहट क्षेत्र की चंबल नदी का जलस्तर घटने से ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली है

चंबल नदी के उफान से किसानों की हजारों बीघा फसल के जलमग्न होने से भारी नुकसान हुआ है एसडीएम बाह मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि नदी के पानी से किसानों की फसलों का नुकसान हआ है उसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रेषित की जायेगी सज्जन सागर आकाशवाणी आगरा उधर जालौन में यमुना नदी में आई बाढ से यमुना पट्टी क्षेत्र के आसपास के गांवो में बाढ़ का पानी पहुंच गया है जिससे सैकड़ों किसानों की खरीफ फसल डूब गई है राज्यसभा के उप निर्वाचन में नीरज शेखर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गये थे जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गई थी भाजपा ने इस उप चुनाव में श्री शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया था बलिया में आज उन्नीस सौ बयालीस के जिले के वीर शहीदों की याद में बलिदान दिवस मनाया गया और उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की गई उन्नीस सौ बयालीस में आज ही के दिन जिले के अनेक वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेजों से बलिया को आजाद करा लिया था जिलाधिकारी भवानी सिंह खगरौत ने बलिदान दिवस के महत्व के बारे में बताया बलिया जनपद का सौभाग्य रहा है कि भारती स्वतंत्रता संग्राम में बलिया का इतिहास एक खास महत्व रहा है

पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और हमारा बलिया अपने आपको आजाद घोषित कर दिया था एक राष्ट्र के रूप में जिसकी अगुवाई पंडित चित्तू पाण्डेय किया करते थे